देशभर में इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का हो रहा है आयोजन

देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में देश की एकता और अखंडता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे एक सौ बयासी मीटर ऊंची लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है इस पर लगभग दो हजार चार सौ करोड़ रुपये की लागत आई है प्रधानमंत्री प्रतिमा के पास एकता की दीवार का भी अनावरण करेंगे इसे देश के विभिन्न राज्यों से एकत्र की गई मिट्टी से बनाया गया है अनावरण समारोह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इधर सरदार पटेल की जयंती पर विभिन्न मंत्रालयों सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं देशभर में लोग आज भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ले रहे हैं नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू गृहमंत्री राजनाथ सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ समेत केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने संसद मार्ग स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्रदर्शन पर सरदार फिल्म प्रदर्शित करेगा इस अवसर पर सरदार पटेल के जीवन और कार्यों के बारे में टीवी जिंगल्स दिखाए जाएंगे और आकाशवाणी से भी जिंगल्स प्रसारित किये जाएंगे इधर सरदार पटेल की जयंती पर पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है पटना जिला प्रशासन द्वारा इस अवसर पर आयोजित एकता दौड़ में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं यह दौड़ राजभवन गोलम्बर से शुरू होकर संजय गांधी जैविक उद्यान होते हुये अब से थोड़ी देर बाद राजधानी वाटिका में समाप्त होगी दौड़ में राज्य सरकार के अधिकारी पुलिस पदाधिकारी और स्कूली छात्रों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाग ले रहे हैं एकता दौड़ की समाप्ति पर लोगों को एकता शपथ दिलायी जायेगी दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वावधान में पटना में आयोजित रन फॉर यूनिटी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉन यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी चौंतीसवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है इस अवसर पर पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित प्रदेश के विभिन्न कांग्रेस कार्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं केन्द्र सरकार बिहार को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बीआरजीएफ के तहत आठ सौ बयासी करोड़ रूपये देगी इसमें तीन सौ इक्यानवे करोड़ रूपये सड़क और शेष चार सौ इक्यानवे करोड़ रूपये ऊर्जा प्रक्षेत्र के हैं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस मंजूरी के साथ ही राज्य को बीआरजीएफ के तहत बारह हजार करोड़ रूपये मिल जायेंगे वहीं नीति आयोग ने पटना के बेली रोड पर बन रहे लोहिया चक्र पथ के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर शाम राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की सूत्रों ने बताया कि दो घंटे लम्बी चली इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई गौरतलब है कि सोलह सितम्बर को जदयू कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिये थे राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान से मुलाकात की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के मध्य सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को आज से एटीएम से एक दिन में केवल बीस हजार रूपये निकालने की ही सुविधा मिलेगी बैंक ने यह बदलाव डिजीटल लेन देन को बढ़ावा देने और एटीएम धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया है हालांकि बैंक ने कहा है कि खाताधारक यदि प्रतिदिन एटीएम से बीस हजार रूपये से अधिक रकम निकालना चाहते हैं तो उन्हें अन्य श्रेणियों के एटीएम कार्ड के लिए आवेदन करना होगा रेलवे ने दीपावली और छठ के दौरान बिहार के रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उनतीस जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की घोषणा की है ये ट्रेनें दिल्ली फिरोजपुर जालंधर अमृतसर सरहिंद अम्बाला और इंदौर से पटना दरभंगा मधुबनी जोगबनी कटिहार सहरसा मुजफ्फरपुर भागलपुर और गया के लिए चार से पांच फेरे लगायेंगी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकरी राजेश कुमार ने बताया कि यात्री रिजर्वेशन कॉउंटर या ऑनलाईन गाड़ियों के लिए टिकट ब्रक करा सकते हैं रेलवे इससे पूर्व भी देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार के लिए साठ स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर चुका है खरीफ फसलों के लिए डीजल अनुदान के लिए अब पन्द्रह नवम्बर तक आवेदन किया जा सकेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया है उन पर नियुक्ति के लिए दिये गये आवेदन में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सूचना के अधिकार कानून के तहत छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करायेगा इसके लिए आवेदकों को हरेक पेज के लिए दो रूपये की दर से शुल्क देना होगा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों रूपये मूल्य की शराब के साथ दस तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जमुई और पटना से चार चार तथा अररिया से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है भागलपुर जिले में अलग अलग थाना क्षत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है सहरसा जिले के सुलिंदाबाद पंचायत के नवटोलिया में डायरिया से एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गयी स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में कैंप कर रही है सुपौल के आपदा एडीएम अखिलेश कुमार झा से एक व्यक्ति ने फोन पर पांच लाख रूपये रंगदारी की मांग की है इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सरम सतपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गयी अररिया सदर अस्पताल और फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में एचआईवी पीड़ित महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की एचआईवी जांच की सुविधा शुरू हो गयी है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है ब्रजेश ठाकुर को भागलपुर से पटियाला की जेल में किया जायेगा स्थानांतरित दैनिक भास्कर लिखता है छत्तीसगढ़ में फिर नक्सली वारदात चुनाव कवर करने गयी दूरदर्शन की टीम पर हमला कैमरा मैन की मौत दो जवान शहीद प्रभात खबर की सुर्खी है फिलहाल एनडीए में बने रहेंगे उपेन्द्र कुशवाहा राष्ट्रीय सहारा लिखता है वित्त मंत्री ने एनपीए बढ़ने के लिए केन्द्रीय बैंक की अनदेखी को बताया जिम्मेदार

देशभर में इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का हो रहा है आयोजन